पवित्र नगरी उज्जैन से कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हरी झण्डी दिखाकर यात्रा को रवाना किया था इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस दो महराजा और एक धनपति के बूते पर सरकार बनाना चाहती है पर इन नेताओं को यूपीए के दस सालों का हिसाब जनता को देना होगा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देश के सबसे सफलतम मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मध्यप्रदेश को विकसित राज्य बनाया श्री शाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में दो सौ से ज्यादा सीटों के साथ भाजपा चौथी बार सरकार बनायेगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया है अब इसे समृद्ध प्रदेश बनाना हमारा लक्ष्य है इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह और प्रदेश मंत्रिमण्डल के कई सदस्य मौजूद रहे सीएम कर्मचारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को अपने परिवार की तरह ही समझा है और उनकी भलाई के लिए निरंतर प्रयास किये गये है भविष्य में भी कर्मचारियों के कल्याण के कार्य किये जायेंगे मुख्यमंत्री श्री चौहान कल उज्जैन में प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों द्वारा सम्मान एवं आभार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे श्री चौहान ने कहा कि शासकीय कर्मचारी और सरकार मिलकर प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनायेंगे

रास सदस्य राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने उत्तरप्रदेश के दलित नेता राम शकल जाने माने विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा प्रख्यात शिल्पी रघुनाथ महापात्रा और सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को राज्यसभा का नया सदस्य मनोनीत किया है इस सदन में चार पद राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाने का प्रावधान है

इसलिए पौधा रोपण करना और पानी की बचत करना समय की माँग है जब तक हम पेड़ पौधे नहीं लगायेगें तब तक इस समस्या का समाधान नहीं कर पायेंगे

राज्यपाल ने कार्यक्रम में संस्था की ओर से साहित्यकारों समाजसेवियों पत्रकारों और कलाकारों को शाल और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया उन्होंने कहा कि साहित्यकारों समाजसेवियों और विद्वानों को देश के कोने कोने में नैतिकता देशभक्ति और राष्ट्रीय बोध का संदेश पहुंचाने का संकल्प लेना चाहिए राज्यपाल ने कहा कि महिलाएँ आज कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं हमें उन्हें पूरा सहयोग करना चाहिए इससे उनमें आत्म विश्वास बढ़ेगा जब महिलाएँ आगे बढ़ेंगी तब ही देश आगे बढ़ेगा कांग्रेस बैठक विधानसभा चुनाव को लेकर कल भोपाल में कांग्रेस की छानबीन समिति के चेयरमेन मधुसूदन मिस्त्री ने पार्टी नेताओं से चर्चा की श्री मिस्त्री ने कहा कि कांग्रेस का प्रत्याशी बनाने से पहले उसकी जीत की संभावनायें देखी जायेंगी उन्होंने इस दौरान संभावित प्रत्याशियों को लेकर पार्टी के प्रदेश नेताओं के अलावा कई जिलों से आए स्थानीय जन प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनसे उनके क्षेत्र की राजनीतिक स्थितियों की जानकारी भी हासिल की

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हासिल इस उपलब्धि के लिये उन्हें खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बधाई दी है उन्होने कहा है कि मध्यप्रदेश श्रृटिंग अकादमी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस है सर्व सुविधायुक्त अकादमी में खिलाड़ियों को न सिर्फ प्रशिक्षित किया जाता है बल्कि मानसिक तौर पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शन के लिये तैयार किया जाता है जिससे हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे लोग नरेन्द्र मोदी एप और माय जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

परीक्षा निरस्त मध्यप्रदेश प्रोफेशनल इक्जामिनेशन बोर्ड ने तीस जून को ली गई नायब तहसीलदार पद की ऑनलाइन विभागीय परीक्षा निरस्त कर दी है इस परीक्षा में सामूहिक नकल किये जाने और एक ही गाइड से अस्सी फीसदी सवाल पूछे जाने का मामला सामने आया था राजस्व विभाग ने नायब तहसीलदार के एक सौ उनहत्तर पदों पर भर्ती के लिए विभागीय परीक्षा कराने की जिम्मेदारी पीईबी को सोंपी थी विभागीय परीक्षा में राजस्व विभाग के लिपिक पटवारी और राजस्व निरीक्षक शामिल हुए थे लोक अदालत प्रदेश में कल लोक अदालतों का आयोजन किया गया इन अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया खंडवा जिले में आयोजित लोक अदालत में लगभग छह सौ प्रकरणों का निराकरण किया गया वहीं ग्वालियर में दो सौ दस प्रकरण निराकृत किये गये जबकि गुना में पांच सौ पंद्रह मामलों को सुलझाया गया इसी तरह छिंदवाड़ा में एक हजार दो सौ से अधिक प्रकरण निपटाए गये सागर जिले में तेरह सौ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया रायसेन जिले में एक हजार से अधिक अनूपपुर में एक सौ पच्चीस धार जिले में चार सौ से अधिक प्रकरणों में से अधिकांश का निराकरण किया गया मौसम प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा मौसम विभाग के मुताबिक रीवा सागर शहडोल जबलपुर संभागों के जिलों में अधिकतर स्थानों पर हल्की से माध्यम वर्षा या गरज चमक के साथ कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है इस दौरान ग्वालियर चम्बल संभाग और झाबुआ अलीराजपुर धार देवास इंदौर होशंगाबाद बैतूल हरदा विदिशा और रायसेन जिलों में अनेक स्थानों में गरज चमक के साथ बौछारों के अलावा कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है राजधानी भोपाल में भी इस दौरान बादल छाए रहेंगे

व्यापार संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष मदनमोहन गुप्ता इस बैठक में भाग लेंगे

इस दौरान बारह सौ से अधिक पौधे लगाए गये है